सोलन शहर में इन दिनों लोग पेयजल समस्या से परेशान

मुख्यमंत्री राज्य सरकार पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मनोरंजन के अतिरिक्त आकर्षण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के कुछ चुनिंदा स्थानों पर बहुआयामी मल्टीमीडिया लाईट शो शुरू करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा कि मल्टीमीडिया लाईट व नवीनतम मनोरंजन प्रौद्योगिकी की सहायता से सांस्कृतिक उद्यमों के लिए एक व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जा सकता है जयराम ठाकुर ने कहा कि कम्पयूटर निर्मित दृश्य डिजिटल विजुअल इफैक्टस लाईव शूटिंग और लेजर लाईट व साउंड के माध्यम से बनाए गए एपिक शो एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू के समीप मोहाल नेचर पार्क मनाली के बड़ागहा और शिमला रिपोर्टिंग रूम जैसे कुछ ऐसे स्थान हैं जहां इस तरह के शो आयोजित किए जा सकते हैं जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिमला स्थित भारतीय उच्च संस्थान में भी ऐसी गतिविधियां आयोजित करने का मामला उठायेगी प्रसारण दिवस आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चुना है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरंजन का भी माध्यम है

लाहौल घाटी के दौरे के दौरान आज निर्माणाधीन नालडा सड़क का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि लाहौल मण्डल के शेष बचे गांवों को सड़क से जोड़ने के प्रयास जारी हैं मारकंडा ने कहा कि घाटी की सभी सम्पर्क सड़कों को चरणबद्द ढंग से पक्का करने का कार्य किया जाएगा

भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से संघ के संस्थापक दंतोपंथ थेंगड़ी के विचारों से प्रेरणा लेने का आहवान किया

इस मौके संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में शिक्षामंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा

एक ब्यान में उन्होंने कहा कि इन मॉडल पंचायतों में विभिन्न विभागों की भागीदारी के साथ सड़क पानी शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाओं का ढांचा तैयार किया जाएगा और पंचायतों की सभी बस्तियों को पक्के रास्ते की सुविधा दी जाएगी वीरेंद्र कंवर ने मॉडल पंचायतों में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की भी बात कही समस्या सोलन शहर में इन दिनों लोगों को गम्भीर पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है शहर में छः सात दिन बाद पानी दिया जा रहा है जिससे लोगों में नगर परिषद और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के प्रति काफी रोष है लोगों का कहना है कि नगर परिषद और आईपीएच विभाग को अवगत कराने के बाद भी वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाया है

उन्होंने लोगों से पानी का इस्तेमाल किफायत से करने का आग्रह किया है

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने क्षेत्र के किंदर में पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ भी किया

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रदेश में वनों के संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी तय करने पर भी बल दिया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जल जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जलशक्ति अभियान में रचनात्मक सहयोग देने का आहवान किया है वे आज नाहन में आयोजित पौधरोपण अभियान के अवसर पर बोल रहे थे

भरमौरी कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्य ठप्प करवाने का आरोप लगाया है चम्बा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए चम्बा मैडिकल कॉलेज भवन सहित अन्य विकास कार्य लम्बित पड़े हैं भरमौरी ने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की दयनीय स्थिति पर भी चिंता जाहिर की

संगठन के राज्य निदेशक सुखदेव सिंह ने बताया कि युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार की सचिव उपमा चौधरी कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगी